इज़राइल को भारत द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा भैजने पर इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंज़मिन नेतन्याह की तरफ से किये गये धन्यवाद पर प्रतिक्रिया देते हये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों का इस महामारी का मिलकर म्काबला करना होगा एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इज़रायल के लोगों की तंदरूस्ती और अच्छी सेहत की कामना करते है प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसो नारो का भी आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने कहा कि इस चुनौती पूर्ण समय में भारत और ब्राजील की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा मज़बूत है उन्होंने यह भी कि भारत इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मानवता की हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबदव है इससे पहले ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने मलेरिया रोधी हाईड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा के उत्पादन के लिए कच्चा माल भेजने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया

उन्होंने कहा कि अब तक लिये गये नमूनों के आधार पर संक्रमण की दर ज्यादा नहीं है विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दम्मू रवि ने कहा कि विदेशों में भारतीय मिशन वहां रह रहे है भारतीयो के सम्पर्क में है और उनहें पूरा सहयोग दे रहे है उन्होंने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दुनिया भर में इसकी मांग है और कई देशों ने भारत से इसकी मांग की है जिसके मद्देनज़र मंत्री समूह ने अतिरिक्त भंडार का निर्यात करने का फैसला किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रभु यीश् ने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि प्रभ् यीश् की साहस नेकी और न्याय की भावना अद्वितीय थी उन्होंने कहा कि आज के दिन हम प्रभ् यीश् सच्चाई सेवा और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्वता को याद करते है उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने कहा कि आज के दिन प्रभ् यीश् को सूली पर चढ़ाने के कारण ग्ड फ्राईडे के तौर पर मनाया जाता है आओ हम सभी आज उनके साहस बलिदान और दया के मार्ग को याद करें हरियाणा के ग़हमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में प्रवेश करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग दवारा तैरार की गई विषाण् म्क्त करने वाली स्व चलित स्रंग का उदघाटन् किया

यह निर्णय कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखने के लिए लिया गया है

किसानों को मंडियों में स्बह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक और दोपहर ढाई बजे से शाम छ बजे तक जाने की अन्मति होगी

मार्केट कमेटी यह स्निश्चित करेगी कि सभी कृषि उत्पाद अर्थात गेहं सरसोंऔर चना को ऑनलाइन ई गेट पास के जारी होने पर ही मंडी में प्रवेश दिया जाए और यह पास केवल मेरी फ़सल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत और सत्यापित किसानों को जारी किया जाएगा

अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज उपचाराधीन एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट नेगीटिव आई है नेपाल निवासी ये व्यक्ति तबलीगी जमात से है भिवानी से हमारे संवाददाता के अनुसार चरखी दादरी में मिले पहले कोरोपा पोजिटिव व्यक्ति की रिपोर्ट नेगीटिव आई है ये तबलीगी जमात से सम्बधित था

इन क्षेत्रों में आवागमन पर पूरी तरह पांबदी लगा दी गई है

हरियाणा में कई जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है फरीदाबाद और पलवल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपायुक्त यशपाल यादव और उपाय्क्त नरेश नरवाल ने इस सम्बधी आदेश जारी किये है अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घर से निकलेगा तो उसके खिलाफ कान्नी कार्रवाई की जायेगी यमुनानगर के कस्बा बुडिया में आज तालाबंदी के दौरान गश्त पर रही प्लिस टीम के साथ एक वर्ग विशेष के क्छ लोगों ने धक्का म्क्की की हमारे संवाददाता ने बताया कि इन लोगों ने एक हवलदार की वर्दी भी फाड़ दी प्लिस ने छ लोगों पर मामला दर्ज किया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आम नागरिकों के लिए की गई तैयारियों के लिए करनाल जिले की सराहना की है